कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना आज से शुरू हो रही है

अब पंजीकरण कराने वालों को पंजीकरण की तारीख से योजना का लाभ मिलेगा

चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से राज्य को केवल तीन लाख संभावित डोज मिलने जा रही हैं उनका उपयोग प्रदेश के उन शहरों में सबसे पहले किया जाएगा जहां संक्रमण अधिक है ये शहर हैं जयपुर जोधपुर अजमेर बीकानेर उदयपुर अलवर धौलपुर मीलवाडा कोटा सीकर और पाली

इस बीच प्रदेश में सभी जिलों में कोविड वैक्सीनेशन जारी है

जन अनुशासन पखवाडे के दौरान सभी कार्यस्थल व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार बंद रहेंगे इस दौरान वीकेंड कर्फ्यू की सख्ती से पालना कराई जाएगी कर्फ्यू को दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया तो उसे तब तक संस्थागत क्वारेंटीन किया जाएगा जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है

राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी नई गाइडलाइन के तहत मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जहां तक संभव हो बाजारों में खरीददारी के लिए द्रपहिया और चौपहिया वाहनों का प्रयोग ना करे और नजदीकी दुकान से पैदल साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें ताकि बाजारों में भीड़भाड़ ना हो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर रेमडेसिविर और टोसिलीजुमेब दवा सहित अन्य संसाधनों की उपलब्यता को लेकर समीक्षा बैठक की उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केंद्र सरकार से राज्य के लिए सक्रिय मामलों की संख्या के अनुरूप अतिरिक्त ऑक्सीजन और दवाओं का आवंटन कराने के लिए निरंतर सम्पर्क बनाए रखें श्री गहलोत ने मुख्य सचिव सहित कोविड प्रबंधन में लगे नोडल अधिकारियों से संसाधनों की उपलब्यता को लेकर फीडबैक लिया तथा प्रयास और तेज करने को निर्देश दिए श्री गहलोत ने संक्रमण की गति पर अंकश लगाने के लिए अनुमत गतिविधियों को अतिरिक्त लोगों के मूवमेंट को कड़ाई से रोकने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन और होम आईसोलेशन की संख्ती से पालना के साथ ही संक्रमण की रोकथाम के सभी उपायों को प्रमावी ढंग से लागू किया जाए

केन्द्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जनआंदोलन चलाया जा रहा है